प्रदेश में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के सबंध में अब हर महीने होगी बैठक प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशल्क दवा और जांच योजना का दायरा बढाया जायेगा चिकित्सा मंत्री ने दिये निर्देश प्रदेश के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया परामर्श

कस्तूरीरंगन समिति ने कल सरकार को बताया कि जनता की राय लेने के लिए जो मसौदा पेश किया गया था उसमें कुछ गलतियां रह गई थीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति के मसौदे में केवल सिफारिशें की गई हैं और इसमें संशोधन करते हुए विद्यार्थियों को स्कूलों में तीन भाषा फॉर्मूला के अंतर्गत कोई भी भाषा चुनने का विकल्प दिया गया है

कल दोपहर से लापता इस परिवहन विमान को खोजने के लिए सेना का तलाशी अभियान जारी है विमान असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था

इनमें मतदाता पर्चियों के मुद्दे मतदान केन्द्र प्रबंधन आदर्श आचार संहिता मतदान प्रक्रियाएं और सामग्री सूची क्षमता निर्माण तथा व्यय प्रबंधन के मुद्दे शामिल हैं ये सभी कार्यदल संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और अगस्त तक व्यावहारिक सुझाव देंगे

गेहूं की पैदावार भी एक हजार एक सौ दस टन से अधिक रहने का अनुमान है

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बीडी कल्ला ने कल जयपूर में ये जानकादी दी

उन्होंने अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सूची भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए तथा विभागों में सभी खाली पदों की जानकारी भी मांगी बैठक में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा तथा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद थे

इसके लिये चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये है डॉ शर्मा ने कल जयपूर में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और निशुल्क जांच योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि प्रदेश के सभी स्तर के अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है उन्होंने मेडिकल कॉलेज से जुडे अस्पतालों जिला और समकक्ष अस्पतालों में भर्ती मरीजों की निःशुल्क सिटीस्केन जांच कराने के भी निर्देश दिये

इस पोर्टल ् पर शिक्षा विभाग से जुडी कई जानकारियां उपलब्ध होगी

इस समिट में सीएसआर गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सीएसआर विशेषज्ञ और औद्योगिक संस्थानों के सीएसआर प्रभारी पांच सत्रों में मंथन करेंगे

इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये शराब पश् आहार के नीचे छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी

श्रमिक नागौर जिले का रहने वाला था

झालावाड़ जिले के झालारापाटन सुनेल चोमैला और खांनपुर कस्बो में आज सुबह कई जगहों पर बुरहानी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और नमाज अदा करने के बोद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी

इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में लू और भीषण गर्मी के दौरान सुरक्षित रहने के बारे में लोगों के लिए परामर्श जारी किया है